मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में कई कार्यों का कियाँ लोकार्पण और शिलान्यास कहा कोरोना की दूसरी लहर सभी के लिये चुनौती

राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी होली और धूलण्डी की शुभकामनायें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

प्रदेश में लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं च्रू में आज कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए जागरुकता रैली निकाली गई और टीकाकरण करवाने का संदेश दिया गया रैली को जिला कलक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञ भी लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने में जुटे हुये हैं ब्रंदी के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर विजय ने लोगों से पूरी सजगता से कोरोना से लड़ने और टीका लगवाने की अपील की है

राज्य में कोरोना संकमण के बढते मामलों को देखते हुये कोविड नमूनों की जांच के काम में तेजी लाई गई है और रेंडम सैम्पलिंग शुरू की गई है

आज वीडियो कांफेन्स के माध्यम से हुये समारोह में उन्होने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर सभी के लिये चुनौती है इसका मुकाबला हैल्थ प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करते हुये करना है उन्होने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान देश के अन्य राज्यों से आगे है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्य है

झालावाड़ के राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में एनएचएम के माध्यम से स्थापित ऑक्सीजन प्लान्ट का ई लोकार्पण आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा द्वारा किया गया

पार्टी की ओर से जारी की गई सूची के अनुसार सुजानगढ सुरक्षित सीट पर मनोज कुमार मेघवाल को उम्मीदवार बनाया गया है इसी तरह राजसमन्द सीट के लिये तनसुख बोहरा और सहाड़ा के लिये गायत्री देवी को प्रत्याशी घोषित किया गया है भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव के लिये अपने उम्मीदवार पहले की घोषित कर चुकी है

वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों को भीड़ से बचने और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाईडलाइन की पालना करते हुये होली का त्यौहार मनाने की अपील की है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार पक्षी देरी से लौट रहे हैं